पिछले चौबीस घंटे के दौरान पंद्रह लाख से अधिक लोगों को लगे कोरोना के टीके

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें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

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कोरोना संक्रमण को लेकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की

मालूम हो कि इस योजना के दायरे में कोरोना महामारी नहीं आती है कोविड से जिनकी मौत हुई है उनके आश्रित को परिवार लाभ योजना से जोड़े जाने की योजना सरकार तैयार कर रही है इसके तहत पेंशन आवास तथा अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि विभाग संकमण से अलग हटकर योजनाओं को तैयार करने और उसके कियान्यवन को लेकर कार्य योजना बनाए कोविड से प्रभावित लोगों को राहत देने के साथ व्यवस्था को गति देना भी आवश्यक है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना सिर्फ महामारी नहीं है बल्कि यह लोगों को भावनात्मक और आर्थिक चोट भी दे रहा है ऐसी परिस्थिति में प्रभावित लोगों को कैसे उबारा जाए इसपर सरकार का विशेष जोर है उन्होंने विभागीय प्रधानों से ग्रामीण इलाकों में कोरोना से संकमितों की प्रोफाइल तैयार करने को कहा

महाराष्ट्र कर्नाटक छत्तीसगढ़ दिल्ली तमिलनाड़ उत्तर प्रदेश पंजाब मध्य प्रदेश गुजरात और केरल में संक्रमण काफी अधिक है

देशभर की पांच सौ छह प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की व्यवस्था है

अब तक चार लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है

उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले तृतीय एवं अंतिम वर्ष के छात्रों से भी सहयोग लिया जा सकता है और फ्रंट लाइन वर्कर्स ेकी तरह ही मीडिया कर्मियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज रांची जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए संजीवनी वाहन का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले चरण में रांची जिले के अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की है कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की गति जिस तेजी के साथ बढ़ रही है उस लिहाज से अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की मांग भी बढ़ रही है ऐसे में संक्रमितों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है इसके उपरांत धनबाद और जमशेदपुर में इसे शुरू किया जाएगा

जिले में कोरोना जांच का दायरा बढ़ाया गया है प्रतिदिन हजार से अधिक लोगों की टेस्टिंग की जा रही है जिसमें आरटी पीसीआरएंटीजन टेस्ट व ट्रेनेट जांच शामिल है यह जांच जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है इधर रामगढ़ मे कल पांच सौ चौवालीस कोरोना संक्रमितों की रिर्पोट निगेटिव आने के बाद उन्हें सात दिनों के होम क्वारेंटाइन मे रहने की सलहा दी गई है जिला प्रशासन की ओर से सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों से कोरोना के इलाज में सहयोग करने की अपील की गई है उपायुक्त संदीप सिंह ने विडियों कॉफ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संकमण की रोकथाम के लिए गठित विभिन्न कोषांगों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की बैठक के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया

इन मरीजों के समुचित ईलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सहिया के माध्यम से उनके घर जाकर मेडिकल किट मास्क सैनेटाईजर ग्लब्स आदि मुहैया कराए जा रहे हैं

वहीं नैंसी सहाय को पश्पालन निदेशक बनाया गया है इस संबंध में झारखंड सरकार ने अधिसुचना जारी कर दी है जैसा कि आपको मालूम हो कि चुनाव आयोग के आदेश पर देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को उनके पद से हटाया गया था मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना नैंसी की देखरेख में कराई गई थी सरकार के अवर सचिव अरुण कमार सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार नैंसी सहाय निदेशक स्वच्छ भारत मिशन के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी लोहरदगा जिला में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हए टीकाकरण के काम में तेजी लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है डीसी दिलीप कुमार टोप्पो ने बताया कि कोविड का वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है

पुलिस सूत्रों ने बताया कि कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों की मौत हो गई

पलामू जिलें में भष्ट्राचार निरोधक ब्योरो एसीबी टीम ने छतरपुर प्रखंड के रोजगार सेवक मोहम्मद रहमान को दस हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया अभियुक्त अब्दुल रहमान पर रोजगार गारंटी अधिनियम के फॉर्म पर हस्ताक्षर के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगया गया है एसीबी के डीएसपी करुणा नंद राम ने ने बताया कि रोजगार सेवक को गिरफ्तार करने के साथ ही मेदिनीनगर इकाई द्वारा इस वर्ष का छठ ट्रैप केस को पूरा कर लिया गया है क्रिकेट खिलाडियों के बीच कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस समय जारी आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित करने का फैसला किया गया है यह फैसला आईपीएल की कार्यकारी परिषद् और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपात बैठक में सर्वसम्मति से किया गया एक वक्तव्य में आईपीएल ने कहा है कि यह फैसला खिलाडियों समेत सभी पक्षों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है देश में कोविड की दूसरी लहर के बाद आईपीएल प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर काफी आलोचना हो रही थी

हमारे संवाददाता ने बताया कि घटना हरीहर गंज थाना क्षेत्र के कौवाखोह के रजवार मोड़ पर हुई

आज भी दो बजे के बाद जिलें मे सन्नाटा पसरा रहा